उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिए है कि वे कृष्ट रोगियों को प्रमाण पत्र जारी कराने के लियेअलग निगम बनाने पर विचार करे मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमुर्ति डी वाई चंद्रचुढ़ की पीठ ने आज इस सम्बध में केन्द्र और सभी राज्यों को कृष्ठ रोग के निवारण और प्र्नवास के लिए कई निर्देश जारी किए है पीठ ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ को पहले से हिदायत की जाये कि कृष्ट रोगियों के साथ भेदभाव न हो न्यायालय ने कहा कि जागरूकता अभियान श्रू किया जाये ताकि कृष्ठ रोगी एकाकीपन न झेले और सामान्य विवाहित जीवन जीयें न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों को कहा हैकि वो ऐसे नियम बनाए ताकि सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कृष्ठ रोगियों के परिवारों के बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाए न्यायालय ने यह निर्देश एक वकील द्वारा दायर सम्बधी याचिका की सुनवाई के दौरान दिए

हरियाणा के पश्पालन एवं डेयरी मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हए बताया कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस सम्बधी अधिस्चना भी जारी कर दी गई है

इस अवसर पर द्रदर्शन के म्ख्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसाार भारती द्रदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर कहा कि द्रदर्शन ने देश भर में लोगों को एक द्रसरे से जोड़ने में सहायता की है अब समय की मांग है कि तकनीकी बदलाव के चलते अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करना होगा उन्होंने कहा कि विचार और भी अनौखे होने चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि द्रदर्शन देश की विकास यात्रा का एक अंग है रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र के एक गांव की छात्रा कनीना ने रेवाड़ी के महिला प्लिस थाने में लिखित शिकायत देकर गांव के ही तीन लोगों पर साम्हिक द्वष्कर्म का आरोप लगाया है एस पी विनोद क्मार ने आज एक पत्रकारवार्ता में भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जायेगा एस पी ने बताया कि थाना मे दी गई शिकायत में पीड़िता बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है छात्रा का आरोप है कि आरोपियों ने उसे पानी पिला कर बेहोश कर दिया फिर एक कृए पर ले जाकर सामुहिक द्रष्कर्म किया फिर उसे वहा से उठाकर कनीना बस स्टैंड पर नशे की हालत में छोड़ दिया रेवाड़ी एस पी ने बताया कि प्लिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है

उन्नीस सौ उन्चास में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागिरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने हिन्दी दिवस पर अपने सम्बोधन में कहा कि हिन्दी को पूरे विश्व मे स्वीकार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कई विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है श्री नायडू ने कहा कि शिक्षा विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के प्रयोग से य्वाओं को बेहतर अवसर मिलेगे श्री नायडू ने इस अवसर पर विभन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रम्खों को हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्कार प्रदान किए गृह मंत्रीराजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी प्रे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ती है प्रे विश्व में हिन्दी के प्रति विशेष आकर्षण है और ये खुशी की बात है गूगल फेस बुक और अन्य को बढ़ावा दे रहे है आज पंजाब और हरियाणा में भी हिन्दी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आकाशवाणी चंडीगढ़ में भी हिन्दी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हआ जिसमे मुख्य अतिथि पंजाब एवं सिंध बैंक से सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के भाषा के पद से सेवानिवृत हए श्री राजेन्द्र सिंह बेवली ने मौजूद श्रोताओं को हिन्दी के महत्व के बारे बताया

उन्होंने कहा कि जरूरत सिर्फ नजरिया बदलने की है आकाशवाणी जांलधर में भी आज हिन्दी दिवस पर कविता पाठ मुकाबले करवाए गए आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले वर्ष के निंबध लेखन और नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रस्कृत किया हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश ख्ल्लर ने किसानों की बाजरे की फसल की खरीद स्निश्चित करने के निर्देश दिया है और कहा है कि किसान के बाजरे की फसल का सही ब्यौरा ई दिशा पोर्टल पर अपलोड किया जाए

वे आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपाय्क्तों और प्लिस अधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे अपनी फसल एक अक्तूबर से पहले किसी भी मंडी में न बेचें और मंडी में बाजरे की फसल बेच कर जे फार्म जरुर लें प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कहा कि बाजरा खरीद में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा श्रष्टाचार शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

यमूनानगर नगर की निजी चीनी मिल दवारा गन्ने की करोड़ों रूपये की अदायगी का भ्गतान न करने से नाराज़ सैकड़ों किसानों ने आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लघ् सचिवालय के सामने चंडीगढ़ रूडकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हरपाल सिंह का कहना था कि बार बार अपील करने के बाद भी चीनी मिल प्रबंधन किसानों के गन्ने की बकाया अदायगी नहीं कर रहा है जिला उपाय्क्त द्वारा मौके पर किसानों को दस दिन के अंदर चीनी मिल से गन्ने का भ्गतान करवाने के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आऊटरीच ब्यूरो जांलधर दवारा जिला प्रशासन सहयोग से पंचक्ला नगर निगम के प्रशासक राजेश जोगपाल की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन करवाया गया कार्यक्रम का श्भांरभ स्वच्छता ही सेवा पर शपथ दिला कर किश गया